पर्चे की आज होगी जांच

पटना जंक्शन पर एक करोड़ से अधिक का विदेशी सोना बरामद

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी इस चरण के लिए पर्चे भरने का काम कल शाम समाप्त हो गया संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि तीसरे चरण के लिए कुल एक सौ चौदह उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए बीस सुपौल के लिए तेईस अररिया के लिए सत्ताईस मधेपुरा के लिए अठारह और खगड़िया के लिए छब्बीस प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा आज नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि उम्मीदवार आठ अप्रैल तक नामांकन वापस ले सकते हैं तीसरे चरण के लिए तेईस अप्रैल को मतदान होगा श्री गुप्ता ने बताया कि पर्चा दाखिल करने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में मधेपुरा से राष्ट्रीय जनता दल के शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के दिनेश चंद्र यादव जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सूपौल से कांग्रेस की मौजूदा सांसद रंजीत रंजन झंझारपुर से राजद के गुलाब यादव अररिया से राजद के मौजूदा सांसद सरफराज आलम खगड़िया से लोक जनशक्ति पार्टी के मौजूदा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी शामिल हैं उन्होंने बताया कि चौथे चरण में उनतीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब तक पांच उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है चौथे चरण में दरभंगा समस्तीपुर उजियारपुर बेगूसराय तथा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होगा चुनाव आयोग ने जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह तीर से मिलजा जुलता रहने के कारण बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर धनुष को प्रतिबंधित कर दिया है चुनाव आयोग ने जनता दल यूनाइटेड की आपत्ति के बाद तीर धनुष को बिहार में प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है पिछले दिनों चुनाव आयोग के साथ बैठक के दौरान जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधियों ने शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव चिन्ह तीर धनुष को लेकर कहा था कि इस चुनाव चिन्ह के कारण मतदाता दुविधा में पड़ जाते हैं जदयू की शिकायत की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग ने बिहार में तीर धनुष पर रोक लगाने का निर्णय लिया है इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चूनाव चिन्ह को प्रतिबंधित करने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है लोकसभा के पहले और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया नवादा मुंगेर और भागलपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ काम किया है और उसी के लिए वोट मांग रहे हैं उधर नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मधुबनी और नौवगछिया की चुनावी सभाओं में महागठबंधन के उम्मीदवारों को जीताने की अपील की उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अररिया में आयोजित सभा में केन्द्र में एकबार फिर से एनडीए सरकार बनाने का आग्रह किया शरद यादव ने सहरसा में महागठबंधन के उम्मीदवार को जीताने की अपील की लोजपा नेता रामविलास पासवान ने कहा कि एनडीए चट्टान की तरह एकजुट है माले के दीपांकर भट्टाचार्य जदयू के आरसीपी सिंह रालोसपा के उपेन्द्र कुशवाहा समेत विभिन्न पार्टी के प्रमुख नेताओं ने विभिन्न जगहों पर आयोजित सभाओं को संबोधित किया डायरेक्टरेट आफ रेवन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने पटना जंक्शन से तीन किलोग्राम से ज्यादा विदेशी सोना बरामद की है सोने की कीमत एक करोड़ दस लाख रूपये आंकी गयी है डीआरआई ने सोने की तस्करी के आरोप में पंजाब के तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है पूछताछ में तस्करों ने बताया कि सोना म्यांमार से तस्करी के जरिए भारत लाया गया था ये लोग ट्रेन से गुवाहाटी से हाजीपुर पहुंचे उसके बाद पटना से सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे थे इसी दौरान सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार किये गये खगड़िया जिले के बेलदौर के जदयू विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल के खिलाफ चित्रगुप्त नगर थाना में आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है पटना जिले में दियारा क्षेत्रों में नाव के माध्यम से मतदान के लिए वोटरों के बीच जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने नाव रथ रवाना कर जागरुकता अभियान की शुरूआत की राजधानी पटना समेत राज्य भर में पारा चढ़ता जा रहा है कल पटना का अधिकतम तापमान छत्तीस डिग्री रहा जबकि गया का अधिकतम तापमान अड़तीस दशमलव एक भागलपुर का तैंतीस दशमलव आठ और पूर्णिया का अधिकतम तापमान इकतीस डिग्री सेल्सियस रहा आज भी तापमान में बढ़ोत्तरी की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार दोपहर बाद कुछ जगहों पर तेज आंधी भी चल सकती है पटना सहित भागलपुर पूर्णिया और गया में आंशिक बादल छाये रहेंगे उधर मौसम में बदलाव को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने सभी विद्यालयों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है जरूरत पड़ने पर चापाकल लगवाने और खराब पड़े चापाकल की मरम्मत का निर्देश दिया है उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यकतानुसार स्कूल की समय सारिणी में परिवर्तन की सलाह दी है राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास के लिए संसाधनों में कोई कमी नहीं होने दी जायेगी उन्होंने पटना में कहा कि जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय अपने दायित्वों को नहीं समझेंगे उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी राज्यपाल ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आज से आवेदन लिया जायेगा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी पांच अप्रैल से दस अप्रैल तक ऑनलाईन फार्म भर सकते हैं पटना जिले के फतुहा में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से अपराधियों ने तीन लाख पचहत्तर हजार रूपये लूट लिये पुलिस मामले की जांच कर रही है

एनआईटी पटना में सीपीएमटी हेल्प लाइन शुरू किया गया है आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के केरल के वायनाड से नामांकन पत्रों दाखिल करने की खबर को प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित किया है अखबार ने राहुल गांधी के बयान का शीर्षक बनाया है संदेश देने वायनाड आया इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाया कर्ज लेना होगा सस्ता दैनिक जागरण की प्रमुख सुखी है हेलीकाप्टर घोटाले में अहमद पटेल का नाम अखबार ने इस खबर से जुड़े अन्य तथ्य को प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के बयान को प्रमुखता देते हुए शीर्षक लगाया है जो हमसे सहमत नहीं उन्हें हमने कभी दुश्मन या देशद्रोही नहीं माना इस खबर को अन्य अखबारों ने भी प्रमुखता दी है प्रभात खबर ने गंभीर हो रहे जल संकट को प्रमुखता दी है अखबार का शीर्षक है राज्य में इस साल भी सूखे जैसी हालात इस खबर के साथ पिछले पांच वर्षो के आंकड़े भी ग्राफिक्स के माध्यम से बताये गये हैं राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है मई के तीसरे सप्ताह में जारी होंगे सीबीएसई दसवीं बारहवीं के नतीजें इसके साथ ही अखबारों ने सीवान में दिवंगत जदयू नेता के बेटे की हत्या अगले सत्र में नयी एकेडमिक पॉलिसी लागू होगी एनडीए में यूपी की निषाद पार्टी शामिल छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में चार जवान शहीद आदि खबरों को प्रमुखता दी है

पर्चे की आज होगी जांच

पटना जंक्शन पर एक करोड़ से अधिक का विदेशी सोना बरामद